कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत ने देश और प्रदेश में बन रहे मौजूदा माहौल में कांग्रेस को देश की जरूरत बताया निर्वाचन विभाग द्वारा आम लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिये आज से सरगम सप्ताह की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में रेडियो को मीडिया जगत में सबसे ताकतवर माध्यम बताया

राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए विभिन्न स्थानों पर रैलियां कर रहे हैं राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अलवर से चुनाव प्रचार की शुरूआत की एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वसुंधरा राजे सरकार ने बड़ी संख्या में स्कूल और मेडिकल कॉलेज खोलकर बहुत बढिया काम किया है

इससे पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य के विकास के लिए सबको मिलकर काम करना होगा सभा को सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने भी सम्बोधित किया श्री मोदी कुल पांच दिन प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को सम्बोधित करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली में एक जनसभा को संबोधित करते हुये कहा कि देश और प्रदेश में आज जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसमें कांग्रेस देश की जरूरत है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने आज झालावाड़ में एक प्रेस कांन्फ्रेन्स में लोगों से कहा कि वो भाजपा के बहकावे में आये बिना अपने वोट का समझदारी से प्रयोग करें

अपने संबोधन में उन्होर्न कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनो दल लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं लेकिन उन्होने देश के विकास की अनदेखी की और दलितों तथा पिछड़ों हितों पर कुठाराघात किया

सप्ताह के दौरान सभी मतदान केन्द्रों पर जागरूकता कार्यक्रम हो रहे है इस सप्ताह का नाम द म्यूजिक ऑफ डेमोकेसी रखा गया है सरगम सप्ताह के सातों दिनों में युवाओं महिलाओं और दिव्यांगजन को भी ध्यान में रखकर विशेष कार्यक्रम होंगे जिनके माध्यम से अधिक से अधिक मतदाताओं की मतदान में भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी सरगम सप्ताह के तहत जयपुर में आज साइकिल मैराथन का आयोजन हुआ वोट डालबा चालो रे थीम पर आयोजित हुई इस मैराथन में विद्यार्थियों ने भाग लिया और मतदाता जागरूकता का संदेश दिया रामनिवास बाग से शुरू हुई रैली को मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनन्द कुमार जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ महाजन और पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया आनन्द कुमार ने कहा कि सप्ताह के दौरान मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास किए जाएंगे

इसलिए उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के लिए रेडियो को चुना

उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम से रेडिया की भी लोकप्रियता बढ़ी है

श्री मोदी ने कल मनाए जाने वाले संविधान दिवस का जिक्र करते हुए इसके निर्माताओं को याद किया और कहा कि जितने कम समय में हमारे देश का संविधान बनाया गया हम सभी के लिए गर्व और गौरतलब करने वाली बात है

इस काल में प्रसार भारती के दोनों अंगो आकाशवाणी और दूरदर्शन ने अपनी पारदर्शिता निष्पक्षता और स्वस्थ्य परंपराओं को आगे बढाते हुये विभिन्न चैनलों में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है

भरतपुर में आज राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संभागस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला में बाल संप्रेषण गृह में रहने वाले बच्चों के भविष्य संवारने की योजना बनाई गई हाड़ौती का पर्यटन पर्व ब्रंदी उत्सव आज से गढ पैलेस में शुरू हुआ

इससे पहले पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था जबकि दूसरा मैच वर्षा के कारण रदद हो गया था